कृतज्ञ राष्ट्र आज महात्मा गांधी को उनकी एक सौ इक्यावनवीं जयन्ती पर श्रद्वांजलि दे रहा है इस अवसर पर देश विदेश के अनेक भागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण कई कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई है महात्मा गांधी की जयन्ती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है

मैं आहिंसा का पुजारी हूं मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए

इसी तरह से हमारे जो मलाई है मनुष्य के गुण हैं उसको मलाई की उपमा दी है वो ले लेना बाकि अवगुण है वो छोड़ देना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आपको देश के कल्याण और प्रगति के लिए समर्पित करने सच्चाई तथा अहिंसा के मंत्र पर अमल करने और स्वच्छ सक्षम मजबूत तथा ख्शहाल भारत का निर्माण कर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का संकल्प लें

उनकी जीवन गाथा समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त और मजबूत बनाती है श्री कोविंद ने कहा कि उनके सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश समाज में समरसता और समानता लाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन मूल्य कल भी सार्थक थे आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी रहेंगे केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जन मृण्डा आज गांधी जयन्ती के अवसर पर भारतीय हस्तशिल्य और जैविक उत्पादों के बाजार ट्राइभ्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का शुभारम्भ करेंगे देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आदिवासियो के जीवन में बदलाव लाने की ये महत्वपूर्ण पहल है जय जवान जय किसान के प्रणेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को भी राष्ट्र आज उनकी एक सौ सोलहवीं जयन्ती पर श्रद्धांजलि दे रहा है शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर के लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर रहे हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा बल्कि आने वाले समय में इनमें लगातार बढोतरी भी की जाएगी नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते वे यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नरेन्द्र मोदी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो जिस सरकार ने अपने छह वर्षों के इस कार्यकाल के दौरान एमएसपी लगातार बढ़ाने का काम किया हो

मैं किसान भाईयों को आश्वत करना चाहता हूं किसी भी सूरत में मिनीमम स्पोर्ट प्राइज की व्यवस्था समाप्त नहीं होने जा रही है श्री राजनाथ सिंह ने सभी किसान संगठनों से अपील की कि वे उनकी समस्याओं पर सरकार के साथ बातचीत करें श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में किसान संगठनों के साथ पहले ही बातचीत शुरू करके उनके भ्रम और आशंकाएं दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोरोना पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देते हुए रिकवरी दर में वृद्वि की जाये मुख्यमंत्री ने संक्रमण के नियंत्रण में प्रभावी सर्विलांस को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि सर्विलांस गतिविधियों को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाये उन्होंने कहा कि इसके लिये इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर की व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाये

स्क्रीनिंग के लिये इफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सोमीटर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियानों के कारण राज्य में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है वह कल विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तीसरे चरण का श्भारम्भ कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण में राज्य की सफलता देश और दुनिया के लिये एक उदाहरण है भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश में कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर और अधिक गतिविधियां शुरू हो गई है इस संबंध में प्रदेश सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किये हैं

यह निर्णय स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन से विचार विमर्श कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जायेगा संस्थाओं में अभिभावक की लिखित सहमति से ही छात्र उपस्थित हो सकते हैं

ऑनलाइन और द्ररस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी छात्र स्वयं से स्कूल आना चाहेंगे उन्हें इसकी अनुमति होगी लेंकिन स्कूल प्रबंधन को इसके लिए उनके माता पिता से रजामंदी लेनी होगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक शैक्षिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रमों में अधिकतम दो सौ व्यक्तियों के लिये निर्धारित प्रतिबंधों के साथ अनुमति रहेगी यहां फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य होगी प्रदेश में पिछले दो सप्ताह से कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या लगातार घट रही है